वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिये आज सुबह सहायता समूहों से जुड़ी देशभर की एक करोड़ से अधिक महिलाओं से संवाद में श्री मोदी ने कहा कि स्व सहायता समूह गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक आधार बने हैं इस चर्चा में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत काम कर रहे स्व सहायता समूहों के सदस्य शामिल हुये प्रधानमंत्री ने प्रदेश की बड़वानी जिले की तीन और सागर जिले की एक महिला से भी सीधे संवाद किया बड़वानी की रेखा गिरासे वंदना कुशवाहा और सुधा बघेल तथा सागर की रेवती चौबे से चर्चा के बाद श्री मोदी ने कहा कि ऐसी महिलाएं ही अपने दम पर देश को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाती हैं श्री मोदी से चर्चा के बाद रेखा गिरासे ने हमारे संवाददाता को बताया

राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई समिति की पहली बैठक में तय किया गया इसके बाद यह कार्यशालायें लखनऊ पटना गुवाहाटी और हैदराबाद में भी आयोजित की जायेंगी बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सहित नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिताभ कांत और नीति आयोग और राज्यों के अधिकारी मौजूद थे समिति के अध्यक्ष श्री चौहान ने बिहार और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा की पश्चिम बंगाल और आंधप्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समिति को पत्र के माध्यम से सुझाव प्रेषित किये श्री चौहान ने बैठक में कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है कृषि में लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने तथा अपरिहार्य परिस्थिति में फसलों के नुकसान की भरपाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक है

वेन में उपस्थित मास्टर ट्रेनर लाईव डेमो से प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं भोपाल जिले के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस वैन के भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है हमारे ग्वालियर संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर अशोक कमार वर्मा ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह रथ ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को निष्पक्ष निर्वाचन की जानकारी देगा वहीं कटनी हरदा बैतूलमें भी यह वैन पारदर्शी मतदान की जानकारी दे रही है

श्री मिश्रा ने बैतूल में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस के जो भी नेता हैं वे अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा से बाहर नहीं जाते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना संसदीय और आसपास के इलाके में सक्रिय दिखायी देते हैं यही हाल अन्य नेताओं का है

इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे नेशनल कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख खनिज सम्पदा वाले बाईस राज्यों के प्रतिनिधि मण्डल भी भाग लेंगे कॉन्क्लेव में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से दी जायेगी कॉन्क्लेव के आयोजन का मूल उद्देश्य देश में खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बाधाओं का निराकरण करवाना है

श्री कमलनाथ ने आज कहा कि पार्टी ऐसा इसीलिए करने जा रही है ताकि प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय मिल सके उन्होंने बताया कि वे अगले सप्ताह से प्रदेश का दौरा शुरु करेंगे इसमें हो रही देरी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जिला व प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक गठन और पुनर्गठन का काम अब पूरा किया जा चुका है इसे करने के बाद ही उनका जिले में जाना उचित है छिंदवाड़ा में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता और संगठन में स्वीकार्य प्रत्याशी के लिए सर्वे करवाया जा रहा है और इसमें महिलाओं और युवाओं को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी

वह सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहती हैं अब महिलाओं को आगे बढ़ने में पूरा सहायोग देना जरूरी है महिलाओं के विकास और समृद्धि से ही देश का विकास संभव है

श्रीमती पटेल ने कहा कि महिला शक्ति का भण्डार है इस शक्ति का देश के हित में उपयोग होना चाहिए

वे साधू वासवानी मिशन के प्रमुख थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है

आगामी तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमानों में विशष बदलाव के आसार नहीं है

वहीं झाबुआ जिले में हो रही भारी वर्षा के बाद अनास नदी उफान पर आ गई है ग्रामीण क्षेत्रों में जन जीवन पर प्रभाव पड़ा है झाबुआ में आज लगातार तीसरे दिन वर्षा का दौर जारी रहा

गाड़ी से तीन शव बरामद किये गये

जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारिया चल रही है